आज दिल्ली में चेन्नई सुपरकिंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं कल उन्होंने उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों के लिये ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यथाशीघ्र शुरु करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री ने रेलवे और वायुसेना द्वारा ऑक्सीजन टैंकरों की दुलाई इलाज के लिए बिस्तरों तथा आईसीयू की संख्या बढ़ाने और संक्रमण श्रृंखला तोड़ने के प्रयासों की भी जानकारी भी दी गई राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक्यावन हजार दो सौ बावन हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह हजार बीस नए संक्रमित मिले हैं इस दौरान एक सौ एकतीस लोगों की मौत कोरोना से हुई है राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या रांची में बासठ हजार से अधिक है वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में तीस हजार धनबाद में ग्यारह हजार बोकारो में दस हजार हजारीबाग और रामगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या आठ हजार से ज्यादा है राज्य में अब तक सड़सठ लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है एक लाख उनसठ हजार से अधिक लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है राज्य में अब तक दो हजार दो सौ छियालीस लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है गढ़वा जिले में हर रोज नये संक्रमितो की संख्या तेजी से बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य केंद्रों के अलावे अन्य भवनों को कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी कर रही है

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में बाईस से उनतीस अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया गया है

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पूरक भूमिका अदा करना चाहता है और संकट के ऐसे समय में मूकदर्शक बना नहीं रह सकता न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ एल एन राव और रविन्द्र एस भट्ट की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि वे उच्च न्यायालयों को सुनवाई से रोक नहीं रहे हैं परंतु प्रादेशिक सीमाओं से संबंधित मुद्दों के कारण उच्च न्यायालयों को कोई कठिनाई होने की स्थिति में पूरक भूमिका अदा कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन वैक्सीन और दवाइयों की वितरण संबंधी समस्याओं के बारे में सुनवाई करने का निर्णय किया था आयुष मंत्रालय ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं यह दिशा निर्देश संक्रमण के निवारक उपायों के साथ साथ घरों में ही पृथकवास में रह रहे मरीजों के उपचार के लिए हैं यह दिशा निर्देश और परामर्श आयुष मंत्रालय द्वारा गठित आयुष अनुसंधान और विकास कार्य दल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं आयुष मंत्रालय ने पिछले साल कोविड से बचाव और स्वस्थ रहने से संबंधित एक परामर्श जारी किया था इसी सिलसिले में मंत्रालय ने आयुषक्वाथ आयुर्वेद जैसी तैयार औषधि के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है

एक मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए इच्छक व्यक्ति कोविन डॉट गोभ डॉट इन पर रजिस्ट्रेशन करा सकर्त हैं इस संबध में एनआरएचएम के अभियान निदेशक रवि शंकर शुक्ला ने सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजा है श्री शुक्ला ने केन्द्र सरकार की गाईडलाइन के अनुसार तैयारी करने का निर्देश दिया है केन्द्र सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए संभावित भीड़ की संभावना को देखते हुए राज्य सरकारों को भीड़ प्रबंधन और विधि व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है

विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान देश में सुचारू रूप से जारी है

टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण को विन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु एप पर आज से आरंभ होगा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास अभी एक करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट इंडिया आइसीएआइ ने कोरोना महामारी को देखते हुए फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा स्थगित कर दी है

परीक्षा की नई तिथि स्थिति की समीक्षा करने के बाद जारी की जाएगी आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चौलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स पर एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर छह मैचों से दस अंक के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर आ गया है दिल्ली कैपिटल्स छह मैचों से आठ अंक के साथ तीसरे स्थान पर है

आज दिल्ली में चेन्नई सुपरकिंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मैच शाम साढे सात बजे से खेला जाएगा और आइये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढते मामले से संबधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने अदालत के हवाले से मिली खबर को शीर्षक दिया है टीके की मांग से कैसे निपटेंगें राज्य वहीं राज्य में लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समीक्षा से संबधित खबर को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के सवाल को प्रमुखता से प्रकाशित किया है शीर्षक है केन्द्र और राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमतें अलग क्यों दैनिक हिन्दुस्तान ने राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या से संबधित खबर को शीर्षक दिया है झारखंड में संक्रिय मरीजों की संख्या पचास हजार के पार अखबार ने झारखंड से अंठावन टन ऑक्सीजन दिल्ली भेजने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने उम्मीद जगाने वाली खबर को शीर्षक दिया है जितनी तेजी से फैला उतनी तेजी से कम हो सकता है संक्रमण साथ ही लिखा है बालिग हैं तो आज से करांए रजिस्ट्रेशन द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पचास हजार पार करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है साथ ही एक सौ छब्बीस लोगों की कोरोना से मौत से संबंधित खबर को भी पहले पन्ने पर प्रकाशित किया हिन्दुस्तान टाइम्स ने कोरोना संक्रमण से देशभर में हो रही मृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से संबंधित खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है राष्ट्रीय आपदा के समय मूकदर्शक नहीं रह सकते

कैरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों ने अब तक पांच आइसोलेशन कोच तैयार कर दिया है जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है

इसमें गम्हरिया प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ बसंत कुमार डॉ दिलीप कुमार महतो और राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर के चिकित्सक डॉ रजनी महाकुड शामिल हैं